मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार लोगों और महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्व किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की नहीं दी जायेगी अनुमति

कड़ाके की ठण्ड को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आज और कल कक्षा बारह तक के सभी विद्यालय बंद रखने का दिया आदेश उच्चतम न्यायालय ने निर्मया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या के मामले में चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी है न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष दो हजार सत्रह के फैसले पर पुनर्विचार की एक दोषी अक्षय की याचिका खारिज कर दी पीठ ने कहा कि पहले के फैसले पर प्नर्थिचार का कोई आधार नहीं है पीठ ने कहा कि दोषी की आपतियों पर उच्चतम न्यायालय अपने पहले के फैसले में अछी तरह विचार कर चुका है इस बीच दोषी अक्षय के वकील ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए न्यायालय से तीन सप्ताह का समय मांगा इस पर महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसी याचिका मेजने के लिए कानून के तहत केवल एक सप्ताह का समय निर्घारित है दोषियों ने तेईस वर्ष की पैरा मेडिकल छात्रा निर्मया के साथ सोलह दिसंबर दो हजार बारह की रात दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था सरकार दुष्कर्म मामलों के तुरन्त जांच और निपटारे के लिए एक हजार से अधिक विशेष त्वरित अदालतों की स्थापना कर रही है इस योजना पर केंद्र और राज्य सरकारें सात सौ सड़सठ करोड़ रुपये वहन करेंगी विधि और न्याय मंत्रालय ने बाल यौन अपराघ निवारण अधिनियम पॉक्सो के तहत दुष्कर्म के मामलों की तुरन्त जांच और निपटारे के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की यह योजना बनाई है उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून के संचालन पर रोक लगाने से इंकार किया है न्यायालय ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इस कानून की संवैधानिक वैदता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए बाईस जनवरी की तिथि निर्धारित की है इस कानून के विरोध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य ने याचिकाए दायर की हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है इस कानून से भारत के एक सौ तीस करोड़ नागरिकों को नहीं बल्कि घ्सपैठियों को चिन्ता होनी चाहिए किन्द्रीय अत्यसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती नई दिल्ली में कल अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य केवल नागरिकता प्रदान करना है नागरिकता समाप्त करना नहीं श्री नकवी ने जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने और विभाजनकारी तत्वों से सावधान रहने की अपील की समाज के इतने हिस्से को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हमें परास्त करना है उन्हे शिकस्त देना है और इस काम के लिए अत्यसंख्यक आयोग तो कर ही रहा है ये समाज को भी इस बात को करना होगा आंदोलन में जो बच्चे हैं अभी उनको इस्यू ही नहीं पता है

कि भई हमें तो भगाने वाले हैं इसलिए हम कर रहे हैं

इस बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने ट्वीटर पर वीडियो संदेश जारी कर अभिमावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में शामिल न होने दें अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी उधर नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में प्रदेश में हुई हिंसा पर पुलिस ने अब तक अट्ठारह एफ आई आर दर्ज कर एक सौ तेरह लोगों को गिरफ्तार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस विभिन्न शहरो में समाज के प्रबुद्दजनों धार्मिक गुरूओं से सम्पर्क कर उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जागरूक कर रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती समारोह के आयोजनों के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक की आज नई दिल्ली में अव्यक्षता करेंगे आज भारत यात्रा पर आ रहे पुतर्गाल के प्रधानमंत्री एन्टोनियो कोस्टा भी इस बैठक में शामिल होंगे देश और विदेशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों के प्रचार के लिए सरकार उनकी एक सौ पचासवीं जयन्ती मना रही है इसके लिए राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया इसमें उप राष्ट्रपति एम वेकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि गांधीवादी विचारक और गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं पहली बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित करने का संकल्प किया गया था उधर जाने माने गांधीवादी सुदर्शन आयंगर ने आकाशवाणी के साथ मेंटवार्ता में कहा कि महात्मा गांधी का जीवन ही एक संदेश है जिसका लोगों को अनुपालन करना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों और महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी उन्होंने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विपक्षी दल राष्ट्र की एकता को कमजोर करना चाहते हैं श्री योगी कल विघानसभा में विपक्षी दलों की ओर से प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने के बाद बोल रहे थे श्री योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में अपराध की घटनाओं में तेजी से कमी आयी है उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षो में प्रदेश में डकैती लूट हत्या दुष्कर्म जैसे अपराध तेजी से कम हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रदेश सरकार दो सौ अठारह फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर रही है इससे पूर्व विपक्षी दलों विशेषकर सपा और कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही में व्यक्धान डालने का प्रयास किया जिससे कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और अंत में विपक्ष के शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी उधर विधान परिषद में भी सपा बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान न होने जैसे मुद्दों पर हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विकसित देशों को जलवायू परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन में अधिक कटौती करनी चाहिए और कोपेनहेगन सम्मेलन में किये गये वायदे के अनुसार धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए

पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा कि पराली जलाने की समस्या अगले दो तीन वर्षो में पूरी तरह सुलझा ली जायेगी उन्होंने कहा कि पराली से नए उत्पाद बनाये जा रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी की जायेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार वायु और जल प्रद्षण संबंधी नियमों का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है

विद्यालयों को इन दो दिनों के दौरान आयोजित होने वाली प्रायोगिक बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में भी परिवर्तन करने को कहा गया है इस बीच पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है पिछले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान अधिकतम बारह डिग्री सेल्सियस के आस पास दर्ज किया जा रहा है लखनऊ गोरखपुर बांदा उरई खीरी और हमीरपुर में दिन का तापमान सामान्य से ग्यारह डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात भी प्रमावित हुआ है और कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के परिचमी हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा और पूर्वी हिस्सों में शीतलहर से लोगों को अभी फिलहाल राहत मिलने में समय लगेगा